मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी है मुलाकात का कार्यक्रम राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों और सैनिकों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है आज पंजाब के मुक्तसर में किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा वृद्धि का ऐतिहासिक फैसला किया है जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने में काफी मददगार होगा

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के फैसलों से ये दल घबरा गये हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछले सत्तर सालों में किसानों के लिये कुछ भी नहीं किया

किसानों के लिए ऐसी ऐसीयोजनाएं बनाई गई लेकिन व्यवस्थाएं खुद के परिवार के लिए तो बेहतरीन से बेहतरीनबनाते गए प्रधानमंत्री ने देश को भरपूर अनाज देने के लिये किसानों को धन्यवाद दिया साउंड बाईट बीते चार वर्षों में जिस प्रकार आप देश के अन्न भंडारों को रिकॉर्ड पैदावर सेमर रहे हैं उसके लिए मैं मेरे देश के किसानों को आप सब को सिर झुका करके नमन करताहूं गेहूं हो धान हो चीनी हो कपास हो या फिर दालें हों उत्पादन के पिछले सारेरिकॉर्ड टूट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल देश भर के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास योजना के लाभर्थियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे इसके तहत श्री मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और क्षेत्रीय तकनीकी संस्थानों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लाभार्थियों के साथ बातचीत करना एक अनोखा अनुभव होगा क्योंकि ये जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं संवाद कार्यक्रम के लिए बिहार के दो लाभार्थियों खगड़िया जिले के गंगौर प्रखंड की अमृता देवी और नालंदा जिले के रहुई प्रखंड की सुषमा देवी का चयन किया गया है गरीब परिवार से आने वाली दोनों महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी कार्यक्रम डीडी न्यूज और नरेन्द्र मोदी एप पर उपलब्ध रहेगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल पटना आ रहे हैं इस दौरान श्री शाह प्रदेश भाजपा के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चार अलग अलग समीक्षा बैठक करेंगे पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में पार्टी और सरकार के कामकाज के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी श्री शाह शाम में पार्टी की चुनाव तैयारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तीन घंटे तक चलने वाली इस बैठक के दौरान अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव से पहले संगठन की तैयारियों की भी समीक्षा होगी भाजपा अध्यक्ष का जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात का कार्यक्रम है इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अब शराब बरामदगी वाले घर जमीन और वाहन को जब्त करने जैसे आठ प्रावधानों को समाप्त किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी विधानमंडल के मॉनसून सत्र में इस आशय के संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिये पेश किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सारण जिले के छपरा में राज्य के पहले डबलडेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया इसके निर्माण पर चार सौ ग्यारह करोड़ रूपये खर्च होंगे साढ़े तीन किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर शहर के गांधी चौक से नगर पालिका चौक के बीच बनाया जायेगा समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चार वर्षों के भीतर इसका निर्माण प्रा कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से सीवान हाजीपुर पटना और आरा आनेजाने में आसानी होगी समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिले के मढ़ौरा में निर्माणाधीन रेल फैक्ट्री अगले दो से तीन महीने के अंदर काम करने लगेगा समारोह को पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और सांसद राजीव प्रताप रूडी जर्नादन सिंह सिग्रीवाल और जनक राम ने भी संबोधित किया केन्द्र ने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध ठहराने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ सतहत्तर की संवैधानिक वैधता की जांच का फैसला उच्चतम न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा है कि यदि न्यायालय इस धारा की संवैधानिक वैधता को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर जांच का फैसला करता है तो विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत इसके दूरगामी और व्यापक परिणाम होंगे संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया इस सेवा से लैंडलाइन नेटवर्क के जरिए ही मोबाइल पर इंटरनेट की सेवा भी प्राप्त होगी जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग और अन्य गतिविधियां शामिल हैं इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को बी एस एन एल की एप्लीकेशन विंग्स को डाउनलोड करना होगा और लैंडलाईन के नेटवर्क से मोबाइल को जोड़ना होगा इसके लिए मोबाइल में सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को डीजल अनुदान के लिये ऑनलाईन आवेदन देने के पच्चीस दिनों के अंदर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि वैसे किसान जिनका मोबाईल संख्या आधार से जुड़ा हुआ है वे ऑनलाईन पंजीकरण कर सकते हैं वसुधा केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है दानापूर से औरंगाबाद के लिये उड़ान भरने के बाद बीएसएफ के हेलीकाप्टर में आयी तकनीकी खराबी के बाद उसकी औरंगाबाद जिले के सहरसा गांव में आपात लैंडिंग करायी गयी हेलीकाप्टर में सीआरपीएफ के एडीजे समेत नौ अधिकारी सवार थे सभी जिले के नक्सल प्रभावित भलुआही सीआरपीएफ कैंप का निरीक्षण करने जा रहे थे बाद में सभी अधिकारियों को कार से भलुआही भेजा गया रोहतास जिले से गुजरने वाली सोन नहर में आज बाणसागर बांध से नौ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहीं नहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में रिहंद जलाशय से भी पानी छोड़ा जा रहा है जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोन नहर में चौदह हजार नौ सौ क्यूसेक पानी की जरूरत है जिसे पांच दिनों के अंदर प्रा कर दिया जायेगा शेखपुरा जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के एक आरोपी को छह साल कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है पैक्स के माध्यम से करोड़ों रूपये के चावल गबन के मामले में पश्चिम चंपारण जिले से दो मिल मालिकों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार मिल मालिकों के घर और गोदाम को सील कर दिया गया है समस्तीपुर जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी भूपेन्द्र पांडेय का आज इलाज के दौरान निधन हो गया उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है भोजपुर जिले के कोईलवर से एक व्यक्ति का अपहरण कर भाग रहे चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी है मुलाकात का कार्यक्रम राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी